चार गिरफ्तार बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी ने आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने देश के छोटे शहरों में कोविड जांच की संख्या बढ़ाने को कहा श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में देश के सत्तर जिलों में कोविड के मामलों में डेढ सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है

अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देश व्यापी आउट बेड की स्थिति बन सकती है हमें कोरोना की उस उमरती हुई सैकेंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें ट्वीक और डीसाइसिव कदम उठाने होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में हमने जो सफलता हासिल की है और इससे जो विश्वास आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए साउंड बाईट कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है ये आत्मविश्वास हमारा कॉनफिडेंस ऑवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए

श्री मोदी ने टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया

उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि हम जल्द ही इस स्थिति से उबरेंगे साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये सभी एहतियाती उपायों का पालन सुनिश्चित करने को कहा बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड जांच की संख्या बढ़ाने को कहा है उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट की संख्या प्रतिदिन सत्तर हजार ले जायी जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शनिवार को इस संबंध में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये महाराष्ट्र पंजाब और केरल से बिहार आने वाले लोगों के लिये आज से कोरोना निगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है जिनके पास संबंधित प्रमाण पत्र नहीं होगा उन सभी की रैपिड एंटीजन जांच की जायेगी और पॉजिटिव मिलने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जायेगा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम आधार पर जांच करवायी जायेगी हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पटना गया और दरभंगा हवाई अड्डे के साथ साथ सभी रेलवे स्टेशनों और प्रमुख बस अड्डों पर इसके लिये स्वास्थ्य विभाग की टीम की प्रतिनियुक्ति की गयी है यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ साथ रैंडम आधार पर जांच भी की जा रही है प्रदेश में अब तक कोविड उन्नीस के दो लाख इकसठ हजार दो सौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में उनतीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में सोलह जिलों से उनचास नये मामलों की भी प्रष्टि हुई सबसे अधिक पन्द्रह मामले पटना से सामने आये हैं वर्तमान में तीन सौ छियालीस मरीजों का इलाज चल रहा है जिसमें सबसे अधिक पटना से एक सौ नवासी मरीज हैं प्रदेश में अब तक पन्द्रह लाख छप्पन हजार छह सौ बावन लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें बारह लाख इक्कीस हजार तीन सौ बाईस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख पैंतीस हजार तीन सौ तीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक तीन करोड़ पचास लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के लिये पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने पर आज सदन में सरकार को खेद प्रकट करना पड़ा प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रश्नों का अधिक से अधिक ऑनलाईन उत्तर उपलब्ध कराने का निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिया गया इसके बाद ही यह विवाद शुरू हुआ अध्यक्ष ने इसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी को उनकी अमर्यादित टिप्पणी के लिये गहरी नाराजगी जतायी और मंत्री को अपने शब्द वापस लेने को कहा विपक्ष के सदस्यों ने भी मंत्री की टिप्पणी पर नाराजगी जतायी बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकार की ओर से मंत्रिपरषिद् के सदस्य की टिप्पणी पर खेद जताया उन्होंने कहा कि सदन में अध्यक्ष का सम्मान सर्वोपरि है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में कहा कि सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों सहित सभी को मर्यादा बनाये रखनी चाहिए और अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से बारह सदस्यों का मनोनयन हो गया है जिन बारह चेहरों को विधान परिषद् में जगह मिली है उनमें छह भाजपा और छह जदयू कोटे से हैं भाजपा कोटे से मंत्री जनक राम राजेन्द्र प्रसाद ग्रुप्ता देवेश क्मार प्रमोद कुमार घनश्याम ठाकुर और निवेदिता सिंह को जबकि जदयू कोटे से उपेन्द्र कुशवाहा मंत्री अशोक चौधरी संजय कुमार सिंह संजय सिंह ललन सर्राफ और रामवचन राय को एमएलसी बनाया गया है बाद में सभी सदस्यों को कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद की शपथ दिलायी गौरतलब है कि सदन की ये बारह सीटें पिछले एक साल से रिक्त थी सरकार के घटक दलों हिन्द्रस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने विधान परिषद् में बारह सदस्यों के मनोनयन में उनके दल के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलने पर नाराजगी जतायी है हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक फैसला नहीं हुआ है पार्टी एमएलसी का एक सीट मिलने की उम्मीद लगाये हुए थी विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने आरोप लगाया कि मनोनयन में उनके दल की घोर उपेक्षा की गयी है राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आज राज्यसभा में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बेगूसराय के सिमरिया को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की श्री सिन्हा ने कहा कि दिनकर जी की रचनाएं समाज को हमेशा प्रेरित करती रही हैं और करती रहेंगी उन्होंने कहा कि दिनकर जी की याद में संस्कृति मंत्रालय को सिमरिया को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करना चाहिए भागलपूर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र में आज सूबह पूलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो अपराधी मारे गये जबकि चार अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि रानी दियारा क्षेत्र में कुछ अपराधी फसल लूटने के लिये इकट्ठा हुए थे पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गयी उन्होंने बताया कि दोनों मृतक अपराधियों की पहचान चंद्रशेखर कापरी और मनोहर मंडल के रूप में की गयी है ये दोनों ही ईनामी थे निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के रोह अंचल के राजस्व कर्मचारी दिलीप रजक को दस हजार रूपये रिश्वत लेते पकड़ा हालांकि वह अपने घरेलू सदस्यों और असामाजिक तत्वों की भीड़ जुटाकर मौके से फरार हो गया आरोपी कर्मचारी एक जमीन का ऑफलाईन रसीद काटने के लिये रिश्वत ले रहा था पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि दो तीन दिनों के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है

शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर थाना क्षेत्र से राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से तीन साईबर ठगों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों पर भीलवाड़ा के एक व्यवसायी के खाते से बयासी लाख रूपये निकालने का आरोप है कटिहार जिले के रोशना ओपी क्षेत्र में एक मवेशी व्यवसायी को गोली मारकर ढाई लाख रूपये लूटने के मामले में पुलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है सासाराम नगर परिषद् के उप मुख्य पार्षद पद के लिये हुए चुनाव में बिहारी कुशवाहा निर्वाचित घोषित हुए हैं बक्सर जिला आज अपना तीसवां स्थापना दिवस मना रहा है इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं औरंगाबाद जिले के एरका चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से आठ हजार छह सौ चालीस लीटर शराब जब्त किया है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल स्थित दक्षिणी कांटा कोरा पंचायत में अगलगी की घटना में दस घर जलकर नष्ट हो गये

चार गिरफ्तार